श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि जीवन रक्षा के साथ साथ आजीविका भी बेहद जरूरी है इसे देखते हुए लॉकडाउन खोला गया है लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है लोग हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें अन्यथा संक्रमण बढ़ सकता है श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को आगाह किया है कि नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

भरतपुर में कोरोना संकमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

वहीं चार व्यक्ति अन्य राज्यों के भी संक्रमित मिले हैं

मंत्रालय का यह भी कहना है कि शवों का अंतिम संस्कार भी मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार ही किया जाना चाहिए यह निर्देश इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के आदेश की अनुपालना में किया गया है गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशो के अनुसार नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने सप्ताह में सातों दिन और चौबीस घंटे काम करने वाली हैल्पलाईन शुरू की है जिसके जरिए जानकारी के लिए एम्स से संपर्क किया जा सकता है

जयपुर जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना और राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर प्रवासी और विशेष श्रेणी के परिवारों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण आज से किया जायेगा उन्होंने बताया कि वर्तमान में वितरण किए जाने वाले गेहूं और चने की उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति की जा रही है

इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के अवसर मिल सकेगा श्री डोटासरा ने शिक्षा अधिकारियेां को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन की विधिवत तैयारी के साथ ही परीक्षा के आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को भी अमलीजामा पहनाए

इसी कड़ी में नई जानकारी ये है कि इन दिनों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से गूगल पर एक खबर फैलाई जा रही है जिसमें कहा गया है कि परिषद परीक्षा कराने के तरीके के बारे में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर कोई सर्वेक्षण कर रही है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं करा रही है और इस बारे में गूगल पर जो फार्म प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है वह फर्जी है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं

श्रोता अपने सुझाव नमो एप के माध्यम से भी भेज सकते हैं

प्रतापगढ में टिड्डियों ने फिर हमला किया है जिले के धमोतर बारावरदा मथुरा तालाब नकोर धोलापानी सहित आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में टिड्डियों ने हमला किया है बडी संख्या में टिड्डी दल के आने से ग्रामीणों और किसानों की चिंताएं बढ गई है कृषि विभाग ने कीटनाशक रसायन का स्प्रे करके टिड़िडयों को नष्ट करने का प्रयास किया विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे तेज आवाज करके टिड़िडयों को भगाने की कोशिश करें टोंक में भी कल उनियारा उपखण्ड में टिड्डियों ने हमला किया उसके बाद टिड्डियों का दल क्षेत्र के हुकमपुरा पलाई बोसरियां लक्ष्मीपुरा देवरी कचरावता और समरावता होते हुए बूंदी जिले में प्रवेश कर गया जिले के कापरेन में इन दलों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया इधर सीकर के धोद विधायक परसराम मोरदिया ने अपने क्षेत्र में टिड्डियों से किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को पत्र लिखकर उचित मुआवजा देने का अनुरोध किया है

प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बरसात दर्ज की गई है कल बारां में दिनभर उमस और गर्मी के बाद देर शाम लगभग डेढ घंटे रिमझिम बारिश हुई वहीं बूंदी के हिण्डोली उपखण्ड के कई गांवों में कल देर शाम तेज अंधड के कारण कई घरों के टीनटप्पर उड गये और कई पेड भी गिर गये जिले में कल कई स्थानों पर बरसात भी हुई